देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बडी प्रतिमा है श्री मोदी ने यहां जंगम बाडी मठ में श्री जगदग्रू विश्वाराध्य ग्रूक्ल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नये भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा उन्होनें कहा कि हमारा देश शक्ति से नहीं बल्कि हमारे लोगों के संस्कारों और क्षमता से मिलकर बना है

महाकाल एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये ट्रेन काशी से कानपुर के रास्ते उज्जैन इंदौर पहुंचेगी

ये ट्रेन साप्ताहिक और सप्ताह में दो बार आधार पर चलायी जाएगी

इंदौर से वाराणसी की यात्रा के दौरान ट्रेन उज्जैन संत हिरदाराम नगर बीना झांसी कानपुर और इलाहाबाद स्टेशनों पर रूकेगी सप्ताह में दो बार चलने वाली दूसरी ट्रेन बुधवार और शुकवार को इंदौर और मंगलवार और गुरूवार को वाराणसी से चलेगी इस ट्रेन का समय भी साप्ताहिक ट्रेन जैसा ही है बस इसके ठहराव में लखनऊ तथा सुल्तानपुर स्टेशन भी शामिल किये गये है केजरीवाल शपथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने आज तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें और उनके मंत्रिमंडल के छह सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी शपथ समारोह में केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली को प्रथम श्रेणी का शहर बनाने के लिये केन्द्र के साथ मिलकर काम करना चाहते है

प्रारंभ में दो जिलों छिंदवाड़ा और ग्वालियर को पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है इन जिलों से सकारात्मक रिपोर्ट आने के बाद शेष जिलों में योजना लागू की जाएगी सागर पहुंचने पर आज श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिये वचनबद्ध है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इस गिरोह की तलाश उत्तरप्रदेश और गुजरात पुलिस को भी थी

यह स्कूल दोनों जिलों की सीमा पर बनेगा कल दिमनी विधानसभा क्षेत्र के सुनावली गांव में शहीद रामगोविन्द सिंह तोमर के प्रतिमा के अनावरण समारोह में उन्होंने कहा कि शहीद भगतसिंह और चन्द्रशेखर को सारा देश जानता है और उनको पूजता है

समापन समारोह में त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा मुख्य अतिथि थे उन्होने कहा कि आदिवासी संस्कृतियों को परस्पर जोड़ने में इन महोत्सव की अहम भूमिका है महोत्सव के अंतिम दिन जनजातीय विषयों पर संगोष्ठी भी हुई समापन समारोह में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद संपतिया उइके सहित अनेक विशिष्ट लोग मौजूद थे